मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि नारी शक्ति की रक्षा के लिये सरकार अपराध संशोधन विधेयक लायी है इसके जरिये दुष्कर्म के दोषियों को कम से कम दस साल और बच्चियों से दुष्कर्म के मामले में फांसी की सजा का प्रावधान है श्री मोदी आज आकाशवाणी से प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा कर रहे थे उन्होंने मध्यप्रदेश में दुष्कर्म के कई मामलों में बहत कम समय में आये फैसलों का भी जिक किया

श्री मोदी ने कहा कि पिछले दिनों कुछ जगह पर जरूरत से ज्यादा बारिश हुई उसमें केरल राज्य में बारिश और बाढ़ से जान माल का नुकसान हुआ कई परिवारों ने अपनों को खोया है उन्होंने कहा कि मैं पीड़ितों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि देश आपके साथ खडा है अपने अदम्य साहस के बल पर केरल फिर उठ खड़ा होगा श्री मोदी ने सशस्त्र बलों और एनडीआरएफ के जवानों की प्रशंसा करते हुए कहा कि संकट के क्षणों में अपनी अहम भूमिका निभायी है प्रधानमंत्री ने जकार्ता में चल रहे एशियन गेम्स में देश के लिये मैडल जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि शूटिंग में तो हम पहले ही आगे थे लेकिन बुशू और रोइंग जैसे खेलों में भी पदक आ रहे है इनमें बेटियों के साथ छोटे शहरों के युवा भी शामिल है श्री मोदी ने आगे कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ कराने को लेकर भी चर्चा आगे बढ़ रही है

कार्यकम का उद्देश्य बच्चों में भाषा कौशल उन्नयन पाठ्य पुस्तकों के अलावा अन्य पुस्तकों को पढ़ने समझने की रुचि विकसित करने और सह शैक्षिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों के बहु आयामी विकास को बढावा देना है कार्यक्रम में लगभग ढाई लाख व्यक्ति सहभागिता करेंगे कार्यक्रम में सहभागिता करने वाले व्यक्ति शासकीय प्राथमिक और माध्यमिक शाला में जाकर बच्चों को पाठ्य प्रस्तकों के साथ अन्य रुचिकर पुस्तकें पढ़ने के लिये प्रेरित करेंगे एक बार से अधिक उपस्थित होने वाले वॉलेंटियर्स शनिवार को स्कूल की साप्ताहिक बाल सभा के दौरान शैक्षिक गतिविधियों का संचालन कर सकते हैं

आज के दिन बहनें अपने भाईयों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र और सुखमय जीवन की कामना की राजधानी भोपाल सहित अन्य क्षेत्रों में भी रक्षा बंधन के मौके पर बाजारों में सुबह से ही रौनक देखी गयी रेशमी धागों से बनी राखियों के अलावा जरी और फेन्सी राखियों की भी खरीदी की गई वहीं मिठाइयों की भी दुकाने आकर्षक ढंग से सजायी गयी थी इस मौके पर राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी श्रीमती साधना सिंह को राखी बांधी महापौर आलोक शर्मा ने आज महिलाओं के लिये सिटी बसों में निशुल्क सेवा की घोषणा की थी जिसके चलते उन्होंने अचानक बसों का निरीक्षण किया और उसमें सफर कर रही महिलाओं से निशुल्क यात्रा के बारे में जानकारी ली महिलाओं ने ख्रशी जाहिर करते हुए श्री शर्मा को राखी बांधी विदिशा में युवाओं की टोली ने अनूठी तरह से रक्षाबंधन मनाया इन युवाओं ने नदियों के पुल रेलवे पुल रेल की पटरियां सहित रेल के इंजन पर राखी बांधी और यात्री की सुरक्षा का वचन लेते हुए उन्होंने रेलवे स्टेशन पहुंचकर यात्री गाड़ी के ड्रायवर को भी राखी बांधी वहीं अनेक पर्यावरण प्रेमियों ने पेड़ो को राखी बांधकर उनकी सुरक्षा करने का संकल्प लिया देवास में इस पर्व पर ब्राहाणों ने श्रावणी उपाकर्म भी किया

सागर में नगर के थानों और चौराहों पर डयूटी कर रहे पुलिस कर्मियों को महिलाओं ने राखी बांधी सीएम राखी मुख्यमंत्री निवास पर भी आज रक्षाबंधन पर्व मनाया गया इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बहनों से राखी बंधवायी और उन्हें शुभकामनाएं दी इस अवसर पर श्री चौहान ने महिलाओं को वचन देते हुए कहा कि जब तक रहूंगा महिला सशक्तीकरण के लिये हर संभव प्रयास करता रहूंगा उन्होंने कहा कि आर्थिक और सामाजिक सशक्तीकरण की दृष्टि से महिलाओं के कल्याण के लिये कई कदम उठाये गये है उन्होंने कहा कि महिलाओं पर कोई भी अत्याचार सहन नहीं किया जाएगा श्री चौहान ने महिलाओं से महिला सशक्तीकरण के लिये अपने सुझाव भी मांगे

शिविरों में प्रदेश के महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के अध्ययनरत और पास होकर निकल चुके विद्यार्थियों की शिकायतों का निराकरण किया जायेगा विद्यार्थी समय पर परीक्षा परिणाम न मिलने मूल अंकसूची अंकसूची में सुधार आदि शिकायतों का समाधान करा सकेंगे उच्च शिक्षा विभाग ने सभी विश्वविद्यालयों के कुल सचिवों को समाधान शिविर के संबंध में निर्देश जारी कर दिये हैं

दौड में महिलाओ में हिमा दास और पुरूषों में मोहम्मद अनस ने रजत पदक अपने नाम किया वहीं बैडमिंटन के महिला एकल में सायना नेहवाल सेमीफायनल में पहुंच गयी है उन्होंने क्वार्टरफायनल में थाईलैड की रत्वानोक इंतानोन को हराया पीवीसिंधू ने भी अंतिम चार में अपनी जगह बना ली है दोनों की जीत के बाद भारत के दो पदक पक्के हो गये है तीरदांजी में महिला कम्पाउंड टीम फायनल में पहुंच गयी है फायनल में उसका मुकाबला कोरिया से होगा वहीं पुरूष कंपाउड टीम ने चीनी ताइपे को हराया

दोनो वर्गो में भारत का पदक पक्का होगया है

एशियाड में भारत ने अब तक सात स्वर्ण नौ रजत और उन्नीस कांस्य पदक जीत कर नौवे स्थान पर है